प्रदेश में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को पांच अगस्त को मिलेगा पहला भुगतान राज्य के तीन नगर पालिक निगम और एक नगर पालिका के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है आज ही के दिन उन्नीस सौ सत्ताईस में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था

वहीं राजनांदगांव शहर और बालोद जिले के नगरीय क्षेत्रों में आज मध्य रात्रि से उनतीस जुलाई की मध्य रात्रि तक पूर्ण लॉकडाउन किया जाएगा दुर्ग जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों और दस ग्राम पंचायतों में आज से उनतीस जुलाई तक लॉकडाउन लागू हो गया है जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा दुर्ग शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया इस दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के जरिए लोगों से घरों में ही रहने और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की गई भिलाई नगर में भी फ्लैग मार्च विभिन्न मार्गो से होकर गुजरा नगर निगम प्रशासन ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर एक मिठाई गोदाम को सील करने के साथ ही लड़डू हाउस के संचालक से पच्चीस हजार रूपए का जुर्माना वसूला है इसके अलावा लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में एक सौ छियालीस लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई वहीं राजनांदगांव में लॉकडाउन से पहले पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों से कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की जा रही है पोस्ट ऑफिस चौक के पास आज पुलिस ने लोगों को अपने घरों में ही रहने की समझाईश देने के साथ ही अनावश्यक बाहर निकलने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी यहां एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए लोगों को ई पास की जरूरत पड़ेगी उधर बिलासपुर शहर में भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है इस दौरान सड़कों पर बे वजह घूमने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है तथा उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है प्रशासन द्वारा लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपने अपने घरों में रहने की अपील की गई है यहां दोपहर बारह बजे के बाद केवल पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स ही खुले रहेंगे

इस दौरान किराना सब्जी मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप को छोड़कर अन्य दुकानें बंद रहेंगी जिला कलेक्टर के आदेश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल पंप किराना सब्जी और फल दुकानों को सुबह छह से शाम पांच बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी इसी तरह कोंडागांव जिले में विश्रामपुरी विकासखंड को छोड़कर पच्चीस जुलाई से इकतीस जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाएगा इस दौरान सब्जी और फल की दुकानें सुबह से छह से शाम चार बजे तक खोली जा सकेंगी साथ ही अंतर जिला और अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए ई पास अनिवार्य होगा दूसरी ओर जांजगीर चांपा जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी कल चौबीस जुलाई से लेकर तीस जुलाई तक लॉकडाउन लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है इस बीच महासमुंद के नगरीय क्षेत्रों में पच्चीस से इकतीस जुलाई की मध्यरात्रि तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा केवल आवश्यक सेवाएं ही चालू रहेंगी सब्जी और दूध दुकान खोलने के लिए सुबह छह से दस बजे तक का समय निर्धारित किया गया है दूध की दुकानें शाम पांच से साढ़े छह बजे के बीच भी खोली जा सकेंगी उधर बालोद जिले के नगरीय निकायों में भी आज मध्य रात्रि से उनतीस जुलाई तक लॉकडाउन किया जाएगा इस दौरान किराना दूध सब्जी और फल दुकान सहित अन्य आवश्यक गतिविधियों को छूट दी गई है कोरोना मरीज प्रदेश में आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नये मरीज मिले हैं कांकेर जिले में आज बीस नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें बीएसएफ के बारह जवान और आठ प्रवासी मजदूर शामिल हैं वहीं जांजगीर चांपा जिले में आज बारह नये कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें अकलतरा क्षेत्र के ग्राम मुरलीडीह से दस और हसौद से दो मरीज शामिल हैं कोरिया जिले में आज तीन कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं इनमें बरबसपुर से दो और एक मरीज गोदरीपारा क्वारेंटाइन सेंटर का है उधर कबीरधाम जिले में आज चौंतीस नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है इनमें पंडरिया से बत्तीस और कवर्धा से एक मरीज शामिल है इधर महासमुंद जिले में भी तीन नये कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं वहीं दुर्ग जिले में बारह नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है जिनमें स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े दो लोग भी शामिल हैं इस बीच दुर्ग कलेक्टर ने बीएसएफ जवानों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में तैयार किए जा रहे आइसोलेशन सेंटर का आज निरीक्षण किया उधर कोंडागांव जिले में भी दो नये कोरोना मरीज मिले हैं जिनमें छुट्टी से लौटा एक जवान और सीआरपीएफ में पदस्थ एक जवानजवान शामिल है इसके अलावा बीजापुर जिले में मिले छह कोरोना पॉजिटिव मरीजों में सुरक्षा बलों के चार जवान और दो ग्रामीण शामिल हैं जेल बंदी पैरोल इस बीच कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिलासपुर केन्द्रीय जेल से चालीस और बंदियों को पैरोल पर छोड़ा जाएगा इन समी बंदियों को इकतीस अगस्त तक पैरोल पर छोड़ा जा रहा है कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इन बंदियों के पैरोल की अवधि और भी बढ़ाई जा सकती है केन्द्रीय जेल प्रशासन द्वारा पहले भी ढाई सौ बंदियों को पैरोल पर छोड़ा जा चुका है अधिकारियों के मुताबिक बिलासपुर केन्द्रीय जेल में क्षमता से अधिक बंदियों के होने के कारण सोशल डिस्टेसिंग के पालन में दिक्कतें आ रही हैं इसे देखते हुए ही जेल प्रशासन द्वारा चिन्हित बंदियों को पैरोल पर छोड़ने का निर्णय लिया गया है गोधन न्याय योजना प्रदेश में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को पन्द्रह दिन के भीतर गोबर खरीदी की राशि मिलेगी मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित वन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए श्री बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना की शुरूआत के साथ ही बीस जुलाई से गोबर खरीदी शुरू की गई है इसके लिए पन्द्रहवें दिन यानी पांच अगस्त को गोबर विक्रेताओं को राशि का भुगतान किया जाएगा गोबर विक्रेताओं से खरीदे गए गोबर की राशि उनके खाते में सीधे जमा की जाएगी दाल वितरण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बीपीएल श्रेणी के सभी राशन कार्डधारियों को जून माह में प्रतिकार्ड एक किलो अरहर दाल निःशुल्क देने के निर्देश दिए हैं बीपीएल श्रेणी के जो राशन कार्डघारी जून माह में अरहर दाल नहीं ले पाए हैं वे शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से जून माह की अरहर दाल जुलाई माह में निःशुल्क ले सकते हैं खाद्य विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं

इसके लिए राज्य में प्रचलित सभी राशनकार्डो के सभी सदस्यों का आधार उनके राशनकार्ड से लिंक किया जाना अनिवार्य है खाद्य विभाग ने राज्य के सभी राशनकार्डधारी परिवारों को उनके राशनकार्ड में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की फोटोकापी संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में तीस जुलाई तक जमा कराने की अपील की है

आयोग ने आम चुनाव और उप चुनाव के मद्देनजर एक जनवरी दो हजार बीस की संदर्भ तारीख के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में संबंधित जिलों के कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारियों को विस्तुत दिशा निर्देश जारी किए हैं फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने की कार्यवाही दो चरणों में पूरी की जाएगी मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन नौ सितम्बर को किया जाएगा दावा आपत्तियां अट्ठारह सितंबर तक प्राप्त की जाएगी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आगामी बारह अक्टूबर को होगा अधिकारियों ने बताया कि दुर्ग जिले के नगर पालिक निगम भिलाई और रिसाली तथा रायपुर जिले के नगर पालिक निगम बीरगांव में आम चुनाव होना है इसी तरह कोरिया जिले की नगर पालिका परिषद शिवपुरचरचा सुकमा जिले की नगर पंचायत कोंटा बीजापुर जिले की भैरमगढ़ और भोपालपटनम कांकेर जिले की नरहरपुर सूरजपुर जिले की प्रेमनगर तथा बेमेतरा जिले की नगर पंचायत मारो में भी पार्षदों का आम निर्वाचन होगा इसके अलावा धमतरी जिले की नगर पंचायत मगरलोड के वार्ड क्रमांक ग्याह में पार्षद के पद के लिए उप चुनाव कराया जाएगा राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है आज ही के दिन उन्नीस सौ सत्ताईस में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था इस अवसर पर केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो देश के कोने कोने में लोगों को समाचार देने और उनका मनोरंजन करने का काम करता है ओपन स्कूल असाइनमेंट छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की परीक्षाएं इस वर्ष असाइनमेंट पद्वति से कराई जा रही हैं जिन जिलों के परीक्षा केन्द्रों में निषेधाज्ञा नहीं है वहां कल पहले दिन बाईस जुलाई को कक्षा बारहवीं के सत्रह हजार से अधिक विद्यार्थियों को असाइनमेंट कार्य का वितरण किया गया विद्यार्थी असाइनमेंट प्राप्त करने के दो दिवस में अपना असाइनमेंट लिखकर परीक्षा केन्द्र में जमा करेंगे उप सचिव ने बताया कि जिस क्षेत्र के परीक्षा केन्द्र में निषेधाज्ञा लागू हो जाती है वहां असाइनमेंट वितरण और उत्तरपुस्तिका संग्रहण का कार्य निषेधाज्ञा समाप्त होने के बाद किया जाएगा इसी तरह दसवीं कक्षा की परीक्षा के लिए पूर्व निर्घारित तिथि के अनुसार चार अगस्त से नौ अगस्त के मध्य असाइनमेंट कार्य का वितरण किया जाएगा परीक्षार्थी जिस दिन असाइनमेंट प्राप्त करेंगे उसे दो दिन के भीतर परीक्षा केन्द्र में जमा करना अनिवार्य होगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोनों महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि दी है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है श्री शाह ने अपने संदेश में कहा कि लोकमान्य तिलक ने भारत की स्वाधीनता संग्राम को एक नई दिशा दी उन्होंने लोगों में आजादी की भावना जगाने के लिए स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी दोनों महान स्वाधीनता सेनानियों को अपनी श्रद्वांजलि दी है इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकमान्य तिलक और चन्द्रशेखर आजाद की जयंती पर उनके संघर्ष और योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की श्री बघेल ने कहा कि तिलक जी और आजाद जी ने अपना जीवन देशप्रेम के लिए समर्पित कर दिया और जीवन के अंतिम क्षण तक स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते रहे बिसाहू दास महन्त पुण्यतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बिसाहू दास महन्त की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्वांजलि अर्पित की श्री बघेल ने अपने निवास कार्यालय में स्वर्गीय महंत को श्रद्वा सुमन अर्पित किए इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वर्गीय महंत का पूरा जीवन जनसेवा से जुड़ा रहा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ सफल राजनेता के रूप में भी उनकी छवि रही है वहीं लोकमान्य तिलक और चन्द्रशेखर आजाद की जयंती तथा स्वर्गीय बिसाडू दास महंत की पुण्यतिथि पर रायपुर स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में श्रद्वांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया उधर जांजगीर चांपा में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अपने पिता स्वर्गीय बिसाहू दास मंहत याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्वांजलि दी माओवादी हत्या दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पोटाली धुर्वापारा में माओवादियों ने बीती रात दो ग्रामीणों की धारदार हथियार से हत्या कर दी इसके पहले माओवादियों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट भी की इस घटना में एक ग्रामीण भी गंभीर रूप से घायल हो गया है घटना के बाद से क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने सर्विंग तेज कर दी है उधर बीजापुर जिले में आरक्षक की हत्या करने के आरोपी तीन माओवादियों को पुलिस ने जांगला क्षेत्र से गिरफ्तार किया है मौसम प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है वहीं एक दो स्थानों पर बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में कुछ स्थानों पर अतिभारी वर्षा हो सकती है मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मानसून द्रोणिका बहराईच गोरखपुर से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक स्थित है वहीं एक चक्रीय चक्रवाती घेरा बांग्लादेश और उससे लगा हुआ पश्चिम बंगाल के ऊपर विस्तारित है इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला रहा है आज राजधानी रायपुर सहित कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा ने खाद्य मंत्री की मौजूदगी में अपना पदभार ग्रहण किया बीजापुर जिले के महादेवघाट स्थित क्वारेंटाइन सेंटर में सीआरपीएफ के एक जवान को सांप ने काट लिया इस जवान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है राजनांदगांव जिले के बागनदी थाना क्षेत्र के ग्राम चारभांटा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई महासमुंद जिले में आत्म योजना के तहत राज्य जिला और विकासखंड स्तर के उन्नत कृषक पुरस्कार वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए इकतीस अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं कबीरधाम जिले के बोड़ल विकासखंड के ग्राम कुरमुंदा में एक ही परिवार के आठ लोग जंगली मशरूम खाने से बीमार पड़ गए हैं इन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बोड़ला में भर्ती कराया गया है राजनांदगांव जिले के तहसील कार्यालय परिसर से एक निगरानीशुदा बदमाश हथकड़ी सहित फरार हो गया है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है बेमेतरा जिले के नवागढ़ सीएमओ के खिलाफ सरकारी आवास में गैर कानूनी कार्य करने करने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है बिलासपुर जिले के रतनपुर बेलगइना मार्ग पर पुलिस ने एक वाहन से करीब पौने दो लाख रूपए की अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है